कांग्रेस घोषणा पत्र कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं

छह हजार रुपये की मासिक किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में जमा कराई जायेगी

भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनरेगा की आलोचना के मुद्दे पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वर्तमान एक सौ मानव दिवस को बढ़ाकर डेढ़ सौ कर दिया जाएगा शिक्षा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने वादा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा पत्र में किसानों द्वारा ऋण अदा न करने को आपराधिक नहीं बल्कि दिवानी अपराध समझा जाएगा उन्होंने कहा कि पार्टी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समीक्षा और नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के पुनर्गठन का वायदा किया है

घोषणापत्र प्रतिक्रिया कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश को तोड़ने का एजेंडा बताया है आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्तो में भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में किये गए वायदे देश की एकता के लिए खतरनाक है उन्होंने कहा कि देशद्रोह का कानून हटाने का चुनावी वादा करने वाली कांग्रेस वोट की हकदार नहीं है अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नेतृत्व जिहादियों और माओवादियों के चंगुल में है उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में जो वायदे किये गए हैं उनमें अनुभव की कमी झलकती है उन्होंने कहा कि इस घोषणापत्र में एक अध्याय जम्मू कश्मीर के बारे में है लेकिन इसमें कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद में कश्मीरी पंडितों के लिए कोई जगह नहीं है गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के बारे में कांग्रेस के घोषणापत्र के ब्योरे का जिक्र करते हुए श्री जेटली ने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना की कुछ और बातें सामने आयी हैं इनसे साफ होता है कि यह केंद्र की योजना नहीं है क्योंकि इसके साधन केंद्र और राज्य दोनों से आने की बात कही गई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले यह नहीं बताया कि यह केंद्र और राज्य की संयुक्त योजना है टैगिंग प्रक्रिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम और बैलेट यूनिट मशीनों में एड्रेस टैगिंग और कडिडेट सेटिंग का काम शुरू हो गया उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर सहित अन्य जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशन में यह प्रक्रिया शुरू गई इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के अलावा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उत्तराखंड क्रांति दल और बसपा के प्रतिनिधि मौजूद रहे टैगिंग प्रक्रिया के बाद मशीनों को मतदान के लिए तैयार माना जाता है और इसके बाद ही विधानसभावार मतदेय स्थलों के लिए उनकी रवानगी की जाती है प्रशिक्षण संपन्न चमोली चमोली में पीठासीन अधिकारियों और सभी मतदान कार्मिकों का अनौपचारिक प्रशिक्षण आज समाप्त हो गया है इस दौरान मतदान कार्मिकों को ईवीएम और वीवीपैट पर मतदान की प्रक्रिया को समझाते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया गया पोलिंग पार्टियों को रवानगी के दौरान ही अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी कार्मिकों को पारदर्शिता के साथ निर्वाचन कार्यों को बिना गलती के पूरा करने के निर्देश दिये जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने एस एम एस बेस्ड पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है इसके लिए आयोग ने एक नंबर जारी किया है जिस पर आरओ से लेकर सभी पीठासीन अधिकारियों के नंबर रजिस्टर्ड होंगे वोटिंग से एक दिन पहले जब पोलिंग पार्टी बूथ पर पहुंच जाएगी तो पीठासीन और सैक्टर मजिस्ट्रेट को उस नंबर पर एस एम एस कर मैसेज करना होगा यह नंबर आयोग की वेबसाइट से कनेक्ट रहेगा जिससे आयोग को हर बूथ की पल पल की जानकारी मिलती रहेगी

जिले के विभिन्न स्कूलों में रंगोली और गोष्ठी का आयोजन किया जा गया और जगह जगह आकर्षक वॉल पेंटिंग से वोट देने का संदेश दिया गया

खास बात यह है कि इन जागरूकता अभियानों से बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राएं भी जुड़े हैं जो पूरी शिद्दत के साथ लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं गौरतलब है कि इस लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की जा रही है उत्तरकाशी चौपाल उत्तरकाशी में चौपाल के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कल शाम रिवर फ्रंट पार्क में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने चौपाल लगाकर मतदाताओं से सीधा संवाद किया इस दौरान मतदाताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी से चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे और अपने विचार भी रखे जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का शत प्रतिशत प्रयोग करने की अपील की युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए वोटर क्लब वोटर एम्बेसडर के साथ ही युवा संसद जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया

इस कार्यक्रम के तहत हरकी पैड़ी मालवीय द्वीप आदि स्थानों में भीड़ के बीच छात्र छात्राओं ने चुनाव से जुड़े विषयों पर मतदाता जागरूकता गीत गाए और नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति नृत्य के साथ हई इसके बाद मतदान जागरूकता पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया हरकी पैड़ी पर देशभर से श्रद्वालु आते हैं इसलिए यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन अहम माना जा रहा है युवा जागरूकता रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने छात्र छात्राओं से कहा कि देश की दिशा और दशा तय करनी है तो चुनाव में सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह बात राजकीय महाविद्यालय रूद्रप्रयाग के छात्र छात्राओं से कही जिन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि चुनाव बहिष्कार कर वे अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं उन्होंने कहा कि समस्याओं के निराकरण के लिए विरोध करना जनता का अधिकार है लेकिन लोकतन्त्र में मतदान सबसे अहम है अगर लोकतन्त्र में अपनी आवाज रखनी है तो वोट जरूर डालना चाहिए उन्होंने मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते कहा कि अपने मत का प्रयोग करने के साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए इस अवसर पर छात्रसंघ अध्यक्ष ने महाविद्यालय को लेकर छात्रों की समस्याओं से जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया उनके आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं ने मतदान करने का ऐलान किया मतदेय स्थल बदलाव पौड़ी जिले की छह विधानसभाओं में बने सात मतदेय स्थलों को निर्वाचन आयोग ने बदल दिया है हालांकि बदले गये मतदेय स्थलों को पहले के मतदेय स्थलों में ही स्थापित किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बदले गये मतदेय स्थलों के भवनों का उच्चीकरण होने के कारण निर्वाचन आयोग से परिवर्तित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं

कर्मटी के अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने सभी पदाधिकारियों वार्ड अध्यक्षों और ब्लाक अध्यक्षों को चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

हर वर्ष ये दिन ऑटीजम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ओटीज्म एक मस्तिष्क विकार है जिससे प्रभावित व्यक्ति को आमतौर पर संवाद करने में परेशानी होती है यह विकार बचपन में शुरू होता है जो बड़े होने तक बना रहता है